महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार अटठार के लिए नाम आमंत्रित किये है अधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि ये प्रस्कार बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियोंउनके कल्याण विकास और संरक्षण की दिशा में प्रयास करने के लिए एक मंच है नवाचार शैक्षिक खेल कला संस्कृति समाज सेवा और बाहाद्री के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये पुरस्कार देंगे इसके अंतर्गत एक पदक प्रशस्ति पत्र और एक लाख रुपये की नकद राशि दस हजार रुपये तक के बुक वाउचर प्रदान किये जाते हैं नामांकन इस महीने की तीस तारीख तक दाखिल किये जा सकते है संसदीय मामला विभाग के मंत्री बामंग फेलिक्स ने सरकारी अधिकारियों से प्रदेश मे तेजी से विकास के लिए रिमोट सेनसिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उपयोग पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि इस उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी यूग में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लॉजिस्टिक समर्थन के बिना कोई विकास नही हो सकता वे ईटानगर के दोर्जी खाण्डू राज्य कन्वेंशन हॉल में प्रोमोटिंग स्पेस टेक्नोलोजीस इन गवर्नेंस एण्ड डेवल्पमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पर राज्य बैठक में विभिन्न विभागों के प्रशिक्ष्म अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने कहा कि इस बैठक से राज्य में एक नया युग और सहायता विकास व्याख्यात की शुरुआत करेगी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश ने तेज गति से प्रगति की है देश में सड़क और रेल संपर्क बेहतर हुए है श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों से आये छात्रों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में संचार और संपर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबंद्व है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा क्षेत्र का तेजी से विकास करना है केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि भारत का विकास तभी संभव है जब पूर्वोत्तर राज्य भी विकसित हो पूर्वोत्तर फ्रंटियर तकनीकी विश्वविद्यालय निफ्टू ने कल आलो स्थित गुमिन कीन में एक समारोह में चौथा फाउंडेशन दिवस मनाया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर एवं उत्पाद शुल्क मंत्री जारकर गामलिन ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के खुलने से छात्र को राज्य से बाहर उच्च शिक्षा के लिए जाना नही पड़ॆगा उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के खुलने से अभिभावकों पर बच्चों को शिक्षित करने के बोझ कम होगी और राज्य में गुणवत्ता मानव संसाधनों का उत्पादन में सदस्यों से मिलकर प्रयास करने का आग्रह किया श्री गामलिन ने विद्यार्थियों को बढ़ती उम्मीदों और अभिभावकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रीत करने की सलाह दी अरुणाचल प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने कल पाप्मपारे जिले के सागाली में एक रैली आयोजित की रैली को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस समिति की जनरल जनरल सेक्रेट्री जार्जूम ऐते ने बढ़ती ईंधन की कीमतों के लिए केंद्र सरकार को निंदा की स्थानीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पंचायतों में महिलाओं के लिए तैतीस प्रतिशत आरक्षण लाया था और कहा था इसे संसद में भी बढ़ाया जाना चाहिए असम सरकार ने एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेत हिमा दास को राज्य में खेल दूत बनाया है मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में कल आयोजित समारोह में सुश्री हिमा दास को इस आशय का पत्र सौंपा इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि खेलो इंडिया पहल काफी सफल रही है उन्होंने हिमा दास को एक करोड़ साठ लाख रुपये का चेक भी प्रदान किया मुख्यमंत्री ने राज्य के पांच सौ गांवों में स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की इससे पहले कल असम सरकार ने हवाई अड्डे पर हिमा दास का स्वागत किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे हिमा दास ने एशियाई खेलों में तीन पदक जीते है